यह राशि पिछले दस वर्षो में उन उपमोक्ता एजेंसियों की ओर से मुआवजे के तौर पर सरकार को दी गई थी जिन्होंने वन मूमि में उद्योग लगाने या मूल सुविधाओं वाली परियोजनाओं के लिए उपयोग की अनुमति लो थी केन्द्र ने जमा राशि का राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा उपयोग किये जाने की अधिसूचना जारी कर दी है इसमें वनीकरण और वन संरक्षण प्राधिकरण गठित करने का भी प्रविधान है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने दवीट के जरिये अपने शोक संदेश में कहा है कि सदन में अपनी छाप छोडने वाले श्री चेटर्जी का निधन न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश के लिये बहत बड़ी क्षति है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री सोमनाथ चटर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निमाई

इसे एक लेंडर और रोवर के साथ चंद्रमा पर भेजा जाएगा

दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के बीच सोलह अगस्त को अनु बंध पर हस्ताक्षर होंगे इसके बाद दरगाह परिसर में हाईड्रोलिक छत्रियां स्थापित की जाएगी दरगाह परिसर में फर्श का काम होगा और दरगाह से धानमंडी तक मार्बल का कार्य भी कराया जाएगा

चिकित्सा और स्वास्थ्य विमाग के सचिव तथा मिशन निदेशक नवीन जैन ने बताया कि इन शिविरों में प्रतिमाह गर्भवती महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है जो कि इस अभियान के प्रति लाभार्थियों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है

इस उपलक्ष्य में आज शाम जयपुर के त्रिपोलिया बाजार से तीजमाता की शाही सवारी निकलेगी जो शहर के प्रमुख मार्गो से गुजरेगी तीज की सवारी में कई तरह की झांकियां होंगी जो देशी विदेशी पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र होंगी नई दिल्ली में जनकप्री स्थित दिल्ली हाट में आज और कल रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे इस मौके पर सावन के झूले मेहंदी रंगोली और राजस्थानी हस्तशिल्पियों की दुकानें आकर्षण का केन्द्र रहेंगी